कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुरव्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में लॉकडाउन या नाईट कर्फ्यू की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने पर यदि आवश्यकता हुई तो प्रदेश में और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ौतरी को देखते हुए और सख्ती करने की आवश्यकता महसूस हो रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांगड़ा चंबा मण्डी और कुल्लू में कोरोना की समीक्षा की है तथा अन्य जिलों की भी रविवार तक समीक्षा कर ली लाएगी उन्होंने होटल व्यवसायियों द्वारा पर्यटकों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जांचने से इनकार करने को गलत बताया और कहा कि इससे प्रदेश में कोरोना की स्थिति और खराब हो सकती है मुख्यमंत्री ने राज्य में अभी स्कूल खोलने की संभावना से इनकार किया और लोगों से सहयोग की अपील की अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आरम्भ हई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर और तकदीर बदल दी है इसी योजना के कारण हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य सहित देश के सभी राज्यों के गांवों में आध्निक सड़के पहंच गई है अनुराग ठाक्र आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड की गई नादौन अमतर सड़क के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे

अनुराग ठाक्र ने इस मौके पर लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के दृष्टिगत योजनाबद्व विकास सरकार का लक्ष्य है सुरेश भारद्वाज आज कंडाघाट नगर परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों और अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि कंडाघाट को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने से जहां क्षेत्र में बढते शहरीकरण की समस्याओं का निपटारा होगा वहीं योजनाबद्व विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा उन्होंने ये भी कहा कि नगर पंचायत कंडाघाट के सुनियोजित विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और कोरोना संकट के चलते लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता गोविंद ठाकुर आज मनाली में प्रशासनिक अधिकारियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हितधारकों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार पिछले साल की तरह इस बार पर्यटन सीजन को प्रभावित नहीं होने देना चाहती इसके लिए जरूरी है कि सभी पर्यटन कारोबारी कोरोना प्रोटोकोल का पालन करते हुए सैलानियों के लिए सौहार्द पूर्ण माहौल बनाएं गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि पहले की तरह ही जनता सहयोग करेगी बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए है

उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद जसवां परागपुर में विकास का वास्तविक दौर शुरू हुआ है बिक्रम ठाकुर ने इस मौके पर जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया सोलन नगर निगम नगर निगम सोलन के महापौर और उपमहापौर के पदों के लिए चुनाव आज संपन्न हो गया है कांग्रेस की पूनम ग्रोवर सोलन नगर निगम की पहली महापौर बनी है जबकि राजीव कौड़ा को उपमहापौर चुना गया है महापौर और उपमहापौर का चुनाव मतविभाजन के माध्यम से हुआ

एक मात्र निर्दलीय पार्षद ने भी भाजपा का साथ दिया लेकिन भाजपा जीत के आंकड़े तक नही पहुंच पाई

इस मौके पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नगर निगम सोलन में जनादेश की जीत हई है और धनबल को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद का प्रयास कर उन्हें राहत दे रही है परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के खरौटा निवासी गुरूदेव सिंह के परिजनों को प्रदेश सरकार के राहत मैनुअल के तहत चार लाख रूपये की राहत राशि के चैक भेंट करने के मौके पर बोल रहे थे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के महत्व को समझते हुए सामाजिक सुरक्षा पैंशन का अभूतपूर्व विस्तार किया है

राजीव शुक्ला प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि पार्टी ने नगर निगम चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है उन्होंने कहा कि निगम चुनावों में जनता ने प्रदेश सरकार को नकार दिया है और कांग्रेस में विश्वास जताया है

शुक्ला ने कहा कि मंडी और धर्मशाला में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी कौल सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाक्र ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र कदम कदम पर भ्रष्टाचार से समझौता कर रहे हैं कौल सिंह ने आज मंडी में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वह भाजपा द्वारा विपक्ष में रहते दी गई चार्जशीट पर कार्रवाई करे उन्होंने मुख्यमंत्री की भाषा पर भी आपति जताई और कहा कि उन्हें अपने शब्दों का चयन संभल कर करना चाहिए कौल सिंह ठाकुर ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने द्रंग दौरे के दौरान उन्ही योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए जो कांग्रेस के समय से चली आ रही है विमोचन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज साहित्य कार शिव सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक हिमाचल प्रदेश के पांच सपूत पुस्तक का विमोचन किया ये पुस्तक पूर्व मुख्यमंत्रियों के राज्य के विकास में दिये गये योगदान पर केंद्रित है राज्यपाल ने शिव सिंह चौहान के लेखन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि लेखक ने सरकार के साथ काम करते हुए अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से पाठकों तक लाया है उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने अतीत के दौर को भी समझें मौसम हिमालय क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई और तेज हवाएं चली राज्य के अन्य हिस्सों में सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं

विभाग ने आज और कल राज्य के मध्यम उंचाई वाले अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना भी जताई है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्वि लगातार जारी है